प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी असली मुददों से लोगों का ध्यान हटाने का प्रयास कर रही है जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में पाकिस्तान की गोलीबारी से नागौर जिले का जवान हरि भाकर शहीद कल उनके पैतुक गांव में किया जायेगा अंतिम संस्कार

आयोग ने कहा है कि यह नियम सभी मीडिया और सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर भी लागू होगा

इस बीच राजनैतिक दलों में चुनावी सरगर्मियां गति पकडने लगी है

राजनैतिक दलों द्वारा उम्मीदवारों की नई सूचियां जल्दी ही आने की संभावना है

जिला निर्वाचन अधिकारी ने जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक और प्रारम्भिक को जिले के सभी सरकारी स्कूलों में प्रार्थना सभा के दौरान रोजाना पांच मिनट का सत्र आयोजित कर सभी छात्र छात्राओं को मतदाता सूची में नाम जुडवाने हटवाने और संशोधन करवाने के बारे में जानकारी देने के निर्देश दिए है छात्र छात्राओं को ईवीएम और वीवीपेट के बारे में भी जानकारी देने को कहा है सवाईमाधोपुर जिले में स्वीप कार्यक्रम के तहत मतदाताओं में जागरूकता लाई जा रही है

धौलपुर में मतदाता जागरूकता अभियान के तहत जलीय जीव डॉल्फिन को शुभंकर के रूप में शामिल किया गया है मतदाता जागरूकता के साथ साथ डॉल्फिन महिला संशक्तिकरण और सुरक्षा का संदेश भी देती है

आज प्रदेश के अनेक स्थानों पर सभाएं हुई जिन्हें पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने संबोधित किया

श्री पायलट ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस सरकार ने ढाई महीने में ही जनता से किये वादों को पूरा किया है पीसीसी में पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा भ्रष्टाचार रोजगार और किसानों के मुददो से लोगों का ध्यान हटाकर जीवन्त मुददों पर पर्दा डाल रही है श्री पायलट ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में यूपीए गठबंधन की जीत निश्चित है और गठबंधन निरंतर मजबूत हो रहा है

बैठक को संबोधित करते हुए शिक्षा मंत्री गोविन्द सिंह डोटासरा ने कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को बड़ी संख्या में जुटने के निर्देश दिये और कांग्रेस अध्यक्ष के दौरे को सफल बनाने का आग्रह किया

उन्होंने कहा कि इस उपलब्धि का श्रेय देश के वैज्ञानिकों को दिया जाना चाहिए श्री नायड् आज गोवा में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान के अनुसंधानकर्ताओं तथा स्टॉफ को संबोधित कर रहे थे

अठारह सौ बयासी में आज ही के दिन डॉक्टर रॉबर्ट कोच ने टीबी के विषाणु की खोज की थी इस वर्ष क्षय रोग दिवस का विषय है यही समय है

विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस रोग के प्रति जागरूकता बढाने के उददेश्य से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व क्षय रोग दिवस की शुरूआत की थी इस अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भारत को क्षय रोग मुक्त बनाने के लिये सभी से एकजुट होने का आग्रह किया है

क्षय रोग के प्रति जागरूकता के लिये प्रदेशभर में कई कार्यक्रम आयोजित किये गये इस अवसर पर राजधानी जयपुर में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्र में राज्यस्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया

कार्यशाला में प्रदेशभर से आये चिकित्सको ने भाग लिया हनुमानगढ़ जिले में इस अवसर पर सभी उपखण्ड मुख्यालयों पर होर्डिंग्स के माध्यम से क्षय रोग के नियंत्रण की जानकारी दी गई

आतंकवादियों को मिल रहे धन पर रोक लगाने के उपायों के तहत ऐसा किया गया है

रक्षा प्रवक्ता ने आकाशवाणी को बताया कि कल शाम शाहपुर सेक्टर में पाकिस्तानी सेना ने बड़ी संख्या में मोर्टार दागे जिसका भारतीय सैनिकों ने भी करारा जवाब दिया दोनों पक्षों के बीच आज सुबह तक गोलीबारी जारी रही गोलीबारी से अग्रिम चौकी पर तैनात जवान हरी भाकर गंभीर रूप से घायल हो गये और बाद में पुंछ में सेना के अस्पताल में उनकी मृत्यु हो गयी सेना के विशेष विमान से शहीद की पार्थिव देह जयपुर पहुंची जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर देया गया शहीद को कल उनके पैतुक गांव जूसरी में सैनिक सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जायेगी

जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के विधि संकाय और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नई दिल्ली की ओर से आयोजित इस संगोष्ठी में देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों से शिक्षक शिक्षाविद शोधार्थी और छात्र छात्राओं ने भाग लिया

भारत ने कल पहले मैच में मलेशिया को दो एक से हराया था

राजस्थान रॉयल्स के खिलाडी पिछले चार दिन से यहां कड़ा अभ्यास कर रहे है किंग्स इलेवन पजांब की टीम ने भी जयपुर पहुंचकर आज खेल का अभ्यास किया